इसमें व्यक्तियों और कंपनियों की दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता की स्थिति से निपटने के लिए दो हजार सोलह की संहिता में संशोधन किया गया है

ऋण शोधन अक्षमता एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति या कंपनी अपने बकाया कर्ज की राशि चुकाने में असमर्थ हो जाता है विवेयक में संहिता के तहत कंपनी के दिवाला होने की प्रक्रिया को अस्थायी रूप से निलंबित करने की भी व्यवस्था है यह संशोधन इस साल जन में लाग किए गए दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता संहिता संशोधन अध्यादेश दो हजार बीस का स्थान लेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कृषि क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधारों की प्रशंसा करते हए कहा कि किसानों के लिए न्यनतम समर्थन मृत्य की व्यवस्था जारी रखी जाएगी श्री मोदी ने कहा कि क्रपि सुधार विधेयक से किसानों को सही मायने में विचौलियों और अन्य बाधाओं से मुक्ति मिलेगी प्रघानमंत्री ने कहा कि कई ताकते नए कानून के बारे में किसानों को भ्रमित करने की कोशिशों में लगी है उन्होंने कहा कि इस कानून से किसानों को और ताकत मिलेगी और उनके सामने कई विकल्प ख्ल जाएंगे हमारी सरकार किसानों को एमएसपी के माध्यम से उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है पहले भी थे आज भी हैं आगे भी रहेंगे सरकारी खरीद भी पहले की तरह जारी रहेगी कोई भी व्यक्ति अपना उत्पादन जो भी वो पैदा करता है दुनिया में कहीं भी बेच सकता है लेकिन एकमात्र केवल मेरे किसान भाई बहनों को इन अधिकारों से वंचित रखा गया है मजबूर किया गया अब नये प्राव्वान लागू होने के कारण किसान अपनी फसल वो देश के किसी भी बाजार में अपनी मनचाही कीमत पर बेच सकेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस के संक्रमण पर नियंत्रण एवं उपचार के व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने का निर्देश दिया है उन्होंने कहा है कि सरकारी एवं निजी विकित्सालयों में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता के साथ साथ उनका बैक अप भी रखा जाय वह आज लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे श्री योगी ने कहा कि ई संजीवनी ऐप के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही ओपीडी सुविधा का व्यापक प्रसार प्रसार किया जाय उन्होंने कोविड नाइन्टीन से बचाव के सम्बन्ध में जागरूकता अभियान भी जारी रखने को कहा मुख्यमंत्री ने मेडिकल टेस्टिंग डोर ट् डोर सर्वे तथा कान्टैक्ट ट्रेसिंग के कार्य को पूरी सक्रियता से संचालित करने का निर्देश दिया उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाय कि चिकित्सक एवं नर्सिंग स्टॉफ नियमित राउण्ड लें और पैरामेडिकल द्वारा मरीजों की गहन मानिटनिंग की जाय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्लड कैंसर की बीमारी से जुझ रहे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी रूड़की के शोध छात्र सत्ताईस वर्षीय आशीष दीक्षित के इलाज के लिये दस लाख रूपये की आर्थिक मदद दी है उन्होंने चिकित्सकों से छात्र के बेहतर इलाज की भी अपील की है

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड रोगियों की स्वस्थ होने की दर बढकर उनासी दशमलव दो आठ प्रतिशत हो गई है अब तक कुल बयालिस लाख रोगी स्वस्थ हो चुके हैं वैश्विक स्तर पर भारत में कोविड नाइन्टीन से स्वस्थ होने की दर अमरीका से ज्यादा हो गई है सक्रिय मामलों की कृल संख्या दस लाख तेरह हजार है इस समय देश में कोविड से मृत्यु दर केवल एक दशमलव छह एक प्रतिशत है जो विश्व में सबसे कम है पिछले चौबीस घंटे में एक हजार दौ सौ सैंतालिस मरीजों की मौत के साथ मृतकों की संख्या पचासी हजार छह सौ उन्नीस हो गई है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

टोल फ्री नम्बर एक आठ शन्य शन्य एक एक सात आठ शन्य शन्य पर डायल कर संदेश रिकॉर्ड कराये जा सकते हैं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 भारतीय कृषि अनुसंघान परिषद आईसीएआर ने राष्ट्रीय पोषण लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और महिला कृ षकों का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया इसके अलावा देश के कृषि विज्ञान केन्द्रों ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को करीब एक लाख पोषण किट भी वितरित किए महिला कृषकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्पोषण को जड़ से मिटाना आवश्यक है